आयोग ने एक बयान में कहा कि इलोक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानि ईवीएम और मतदान प्ष्ठि पर्ची यानि वी वी पैट की आपूर्ति स्चारू ढंग से हो रही है और इसे लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है

साथ ही दोनों कंपनियों ने आयोग को ये आश्वासन दिया है कि शेष आठ लाख वी वी पैट मशीनों का निर्माण कर विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में नवम्बर माह के अंत तक पहंचा दिया जायेगा

ये कम्लैक्स एकता स्मारक के नज़दीक स्थित है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखे पत्र में श्री रूपानी ने कहा है कि ये राज्य भवन एकता का स्मारक को हरियाणा से देखने आने वाले सैलानियों के सुविधा प्रदान करेगा साथ ही उन्होंने हरियाणा वासियों के प्रति इस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माण हेत् दिए जाने वाले सहयोग के लिए आभार प्रकट किया

ये राशि एक भारत श्रेष्ठ भारत कम्लैक्स क अन्रक्षण व आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च की जायेगी उन्होंने ये भी बताया कि ये भवन हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जायेगा हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक तथा चहमंखी विकास में युवाओं को भागीदार बनाने व उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल विकास मिशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए श्री आर्य चंडीगढ़ स्थित राज भवन में पलवल के गांव द्धोला में स्थापित विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे इस विश्वविद्यालय में मिशन के तहत य्वाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्होंने विश्वविद्यालय के माध्यम से विदयार्थियों को परिसर के बाहर और परिसर के अन्दर दिए जाने वाले प्रशिक्षण और अध्ययन की भी सराहना की राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट और वोकेशनल कोर्सों के साथ साथ डिग्री कोर्स भी चलाए जाने आवश्यक हैं श्री आर्य ने प्रदेश में चल रहे सभी तकनीकी संस्थानों का आहवांान किया कि वे केन्द्र व राज्य सरकार दवारा चलाये जा रहे रोजगारपरक कार्यक्रमों के अन्सार य्वाओं को प्रशिक्षित करें ताकि उन्हें रोजगार मिल सके

इस अवसर पर आज बंदियों के लिए गांधी जी के जीवन पर आधारित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया सप्ताह भर के कार्यक्रम में सफाई अभियान सर्वधर्म प्रार्थना सभा सांसकृतिक कार्यक्रमों और बृदविजीवियों दवारा गांधी जी के जीवन पर चर्चा जैसे कार्यक्रम तथा प्रस्कार वितरण शामिल है

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में जहां से सेना में हर दसवां जवान है ये दिवस ओर भी जोशों खरोशों से मनाया जायेगा उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर समारोह का आयोजन किया जायेगा

उन्होंने इस आप्रेशन के दौरान अनेक आतंकवादियों को मार गिराया था और उनके शिविरों को धराशयी कर दिया था प्रवक्ता ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ मनाने का उद्देश्य न केवल वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है अपित्ल इसके माध्यम से य्वाओं में देशभक्ति के भाव को और सुदृढ करना भी है उन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ पर वीर सैनिकों को यह संदेश दिया जाएगा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है उधर झज्जर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पराक्रम दिवस की तैयारियां जोरों शोरों ये चल रही है कृषि मंत्री ओम प्रकाश ध्नखड ने आज उपाय्क्त और प्लिस अधीक्षक के साथ तैयारियों का जायंज़ा लिया हरियाण खादी बोर्ड की अध्यक्षा गार्गी कक्कड़ ने पूर्व सरकारों पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अनदेखी का आरोप लगाते हए कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार द्वारा पहली बार हरियाणा के पंचकूला में खादी बोर्ड का बिक्री केन्द्र स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस बिक्री केन्द्र का लोकार्पण अक्तूबर माह में किया जायेगा श्रीमती गार्गी आज अम्बाला छावनी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्बोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि खादी बोर्ड के तीन बड़े बोर्डो में एक है लेकिन पर्वसरकारों की अनदेखी के कारण अभी तक हरियाणा में अपना एक भी बिक्री केन्द नहीं खोला गया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खादी वस्त्र सोच को आगे बढ़ाते हए म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने खादी ग्राम उद्योग की प्न सक्रिय किया है उन्होंने कहा कि खादी ग्राम उद्योग स्व रोज़गार और रोज़गार का सबसे बेहतर माध्यम है जिसमें महिलाएं और य्वा बोर्ड से अन्दान व ऋण स्विधा प्राप्त करके खादी उत्पाद तैयार कर सकते है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को सप्ताह मे दो बार खादी वस्त्र पहनने का आहवान भी किया ताकि भारत की इस परम्परागत पहचान को बढ़ावा दिया जा सके

उन्होंने कहा कि गिरदावरी की प्रक्रिया पहले से जारी थी और उसी गिरदावरी में अब हुय नुकसान का जायज़ा भी लिया जायेगा अम्बाला शहर मे एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बतायाकि प्रे सितम्बर माह के दौरान जितनी वर्षा ह्ई उससे अधिक वर्षा इन तीन दिनों में हई है

सिरसा के अतिरिक्त उपाय्क्त आम्ना तस्नीम ने आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को घग्घर नदी में बढ़ रहे जल स्तर पर नज़र रखने के निर्देश दिये है कल सरद्लगढ़ झंडा म्साहिब वाला झोरड़ नाली ओटू सहित घग्घर के साथ लगते तट बंधों व प्लो का निरीक्षण करने के बाद अतिरिक्त उपाय्क्त ने घग्घर के आप पास के गांवों के नागरिकों से भी अपील की है कि वे घग्घर नदी की निगरानी रखें और कहीं से बहाव की शिकायत है तो लोग तुरंत प्रशासन को सूचित करें